भारत ने आज वार हेड य्क्त टैंक रोधी मिसाइल नाग का अंतिम सफल परीक्षण किया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्च्अल माध्यम से आईआई टी रोपड़ के स्थाई कैम्पस का औपचरारिक उदघाटन किया और कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर देश का लोहा मनवाने में मददगार होगी

रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस दो हजार करोड़ से अधिक होने का अन्मान है केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने कल रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूर किया था

मंत्रालय ने कहा है कि योग्य कर्मचारियों को हर साल दशहरे से पहले बोनस की अदायगी की जायेगी भारत ने आज रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन दवारा विकसित वार हेड य्क्त टैंक रोधी मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण किया ये परीक्षण आज स्बह राजस्थान में पोखरण के फायरिंग रेंज में किया गया

नाग मिसाइल भारतीय सेना में दाखिल किये जाने के लिए तैयार है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अन्संधान एवं विकास संगठन और भारतीय सेना को इस एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण पर बधाई दी है केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज वर्च्अल माध्यम से आईआईटी रोपड़ के स्थायी कैम्पस का औपचारिक उदघाटन् किया इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी उनके साथ उपस्थित थे

इस मौके पर अपने सम्बोध्न में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति हमारे देश को वैश्विक स्तर पर अपना लोहा मनवाने में मददगार होगी श्री निशंक ने कहा कि भारत के आईआईटी में पढ़े विद्यार्थी गूगल और माईक्रो सोफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर निय्क्त है उनहोंने कहा कि केन्द्र सरकार मातृ भाषा में शिक्षा देने का प्रयत्न कर रही है क्योकि मातृभाषा में कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय को बेहतर समझ सकता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत में दस लाख की आबादी के पीछे सबसे कम कोरोना मामले दर्ज किये गये है

यह अब तक की सबसे कम कोविड मृत्य् दर है मंत्रालय ने कहा है कि भारत की आबादी को देखते हये यह ट्रैक ट्रेस टेस्ट और ट्रीट की रणनीति को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रभावशाली ढंग से लागू करने के नतीजों का प्रमाण है

वे करनाल जिले के गांव काछवा में एक प्स्त्कालय का उदघाटन करने के बद ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की द्रगामी सोच ने प्रदेश में बिजली निगम के घाटे को उभारकर फायदे में पहंचाया है इसमें म्हारा गांव जगमग गांव योजनना का अहम योगदान है

इस खेल प्रतियोगिता में कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक द्ररी मानक संचालन मानदंडों की अन्पालना सख्ती से की जायेगी यह जानकारी खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज पंचक्ला में जिला खेल एवं य्वा कार्यक्रम अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों के साथ आयोजित बैठक के बाद दी

उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में चार निजी खेल एथलेटिक्सकृश्ती बाक्सिंग बैडमिंटन एवं चार टीम खेले हॉकी कबड़डी फ्टबाल तथा हैंडबाल की प्रतियोगिता करवाई जायेंगी उन्होंने बताया कि इसके अलावा खेल विभाग द्वारा युवाओं पर वेबिनार का आयोजन भी करवाया जायेगा

उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेलो इंडिया आयोजन इतना भव्य होगा कि इसे लंबे समय तक याद रखा जायेगा

प्लिस के अन्सार पकड़े गये व्यक्ति की पहचान गांव ओढ़ा निवासी बूटा सिंह के रूप मे ह्ई है

प्लिस के अन्सार आरोपी हरिदवार से कार में मादक पदार्थ लेकर पलवल की तरफ आ रहे थे प्लिस प्छताछ में आरोपियों की पहचान पलवल के गांव बहीन निवासी जितेन्द्र व गांव औरंगाबाद के राजू के रूप में हुई है